देश भर में कल इकहत्तरवां गणतंत्र दिवस देशभक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गंगा को स्वच्छ रखने का संदेश देने के लिए पांच दिवसीय गंगा यात्रा का आज हो रहा है शुभारंभ लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस समारोह का कल हुआ समापन

उन्होंने कहा कि हिंसा का सहारा लेकर कोई दूसरी समस्या खड़ी करने से बेहतर है कि मुद्दों को शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिश की जाए श्री मोदी ने हिंसा का सहारा लेकर समाधान चाहने वालों से मुख्यधारा में लौटने का आह्वान किया आकाशवाणी पर अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात की इकसठवीं कड़ी में कल उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले असम में आठ उग्रवादी गुटों के छः सौ चौवालिस उग्रवादियों ने अपने हथियारों के साथ समर्पण किया पिछले साल त्रिप्रा में भी अस्सी से अधिक लोगों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा श्री मोदी ने कहा कि जिन्होंने समस्याओं को सुलझाने के लिए हथियार उठाए थे अब वे भरोसा करते हैं कि विवाद को केवल शांति और मिलकर सुलझाया जा सकता है देशवासियों को यह जानकर बहुत प्रसन्नता होगी नॉर्थ ईस्ट में इंसजैसी बहुत ही मात्रा में कम हुई है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है की क्षेत्र से जुड़े हरेक मुद्दे को शांति के साथ ईमानदारी से चर्चा करके सुलझाया जा रहा है देश के किसी भी कौने में अब भी हिंसा और हथियार के बल पर समस्याओं का समाधान खोज रहे लोगों से आज इस गणतंत्र दिवस के पवित्र अवसर पर अपील करता हूं कि वे वापस लौट आएं मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने में अपनी और इस देश की क्षमताओं पर भरोसा रखे प्रधानमंत्री ने कहा कि दो हजार बीस का नया दशक ब्रू रियांग समुदाय के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आया है उन्होंने कहा कि दिल्ली में किए गए इस समझौते से वर्षो पुराने ब्र रियांग संकट का अंत हो गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि तकरीबन चौंतीस हजार ब्र शरणार्थियों को त्रिपुरा में फिर से बसाया जाएगा और सरकार इनके पुनर्वास और समग्र विकास के लिए लगभग छह सौ करोड़ रुपये की मदद देगी प्रधानमंत्री ने तीसरे खेलो इंडिया खेल के सफल आयोजन के लिए असम सरकार और राज्य के लोगों को बधाई दी उन्होंने कहा कि इन खेलों में विभिन्न राज्यों के छह हजार से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया आयोजन में अस्सी से ज्यादा रिकॉर्ड बने इनमें से लड़कियों ने छप्पन रिकॉर्ड अपने नाम किए उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया से बच्चों को काफी प्रोत्साहन मिला है प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा के दौरान छात्रों से बातचीत के अनुभव के बाद भरोसा जताया कि देश का युवा आत्मविश्वास से भरा हुआ है और हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है उन्होंने कहा कि पिछले साल नवम्बर में स्कूलों में शुरू किए गए फिट इंडिया अभियान के शानदार परिणाम आए हैं हमारा न्यू इँडिया पूरी तरह से फिट रहे इसके लिए हर स्तर पर जो प्रयास देखने को मिल रहे हैं वे जोस और रत्साह से षर देने वाले हैं पिछले साल नवम्बर में शुरू हुई फिट इंडिया स्कूल की मुहिम भी अब रंग ला रही है

देश के बाकी सभी स्कूलों से भी मेरा आग्रह है कि र्व फ्रिजिकल एक्टिविटी और खेलों को पढ़ाई के साथ जोड़कर फिट स्कूल जरूर बनें प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण में बढ़ती जनभागिता की सराहना की और कहा कि इसके लिए देश के प्रत्येक हिस्से में व्यापक स्तर पर नए तरीके के प्रयास जारी हैं श्री मोदी ने बिहार के शैलेष का उल्लेख करते हए मन की बात चार्टर साझा किया इसमें मन की बात कार्यक्रम के विभिन्न विषयों को दर्शाया गया है प्रधानमंत्री ने कहा है कि मन की बात कार्यक्रम एक नया विचार है और लोग इसमें अपनी पसंद के विषय जोड़ सकते हैं

इसमें देश के इतिहास सांस्कृतिक विक्विता और सामरिक शक्ति की भव्य झांकी दिखाई दी राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली ब्राजील के राष्ट्रपति जाइर मैसियास बोलसोनारो इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे इस बार गणतंत्र दिवस समारोह का श्भारंभ राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की रक्षा में शहीद हए जवानों को श्रद्वांजलि अर्पित कर किया इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और राष्ट्रीय गान गाया गया तथा इक्कीस तोपों की सलामी दी गई परेड में सोलह राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के अलावा छह केन्द्रीय मंत्रालयों की झांकियां प्रदर्शित की गयीं परेड में भारत की सैन्य शक्ति सांस्कृतिक विविधता सामाजिक और आर्थिक प्रगति की रंग बिरंगी झलक राजपथ पर देखने को मिली वायुसेना की झांकी में राफेल और तेजस युद्वक विमान हल्के लड़ाकू हेलीकाप्टर आकाश मिसाइल प्रणाली और अस्त्र मिसाइल के मॉडल लोगों को देखने को मिले प्रदेश में भी कल इकहत्तरवां गणतंत्र दिवस प्रे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विधान भवन के सामने परेड की सलामी ली इस दौरान परेड पथ पर हेलीकॉप्टर से पृष्प वर्षा की गई परेड में सेना पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों और छात्र छात्राओं ने भाग लिया परेड चारबाग स्थित रविंद्रालय से श्रू होकर के डी सिंह बाबू स्टेडियम पर संपन्न हई प्रदेश के सभी जनपदों में भी कल गणतंत्र दिवस समारोह ध्मधाम से मनाया गया केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने बरेली में केन्द्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद डॉक्टर महेन्द्रनाथ पार्ण्डेय ने चन्दौली में प्रदेश सरकार के वन पर्यावरण एवं जन्त् उद्यान मंत्री दारा सिंह चौहान ने मऊ में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह ने प्रतापगढ़ में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने वाराणसी में कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शाहजहांपुर में कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने मथुरा में राज्यमंत्री गिरीश चन्द्र यादव ने जौनपुर में राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार रविन्द्र जायसवाल ने हमीरपुर में राज्य मंत्री रमा शंकर सिंह पटेल ने मिर्जापुर में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर नीलकण्ट तिवारी ने अयोध्या में मण्डलायक्त जयंत नार्लिकर ने गोरखप्र में झण्डा फहराया और परेड की सलामी ली प्रदेश में पाँच दिवसीय गंगा यात्रा का आज बिजनौर और बलिया जनपद से शुभारम्भ होगा

वहीं बिजनौर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत और केन्द्रीय राज्यमंत्री संजीव बालियान गंगा यात्रा की शुरूआत करेंगे गंगा यात्रा में केन्द्र और प्रदेश सरकार के मंत्री भी शामिल होंगे ये यात्राये प्रदेश के सत्ताईस जिलों से होकर गुजरेंगी गंगा यात्रा का भव्य समापन इक्त्तीस जनवरी को कानपुर में गंगा के किनारे होगा

यात्रा के बीच के स्थानों जैसे मेरठ अमरोहा गाजीपुर मिर्जापुर वाराणसी और प्रयागराज में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है

राज्य सरकार ने पहले ही गंगा के किनारे बसे गांवों में गंगा मैदान तैयार करने गंगा खेल पार्क बनाने और गंगा मेला शुरू करने के साथ ही गंगा की थीम पर आधारित कई अन्य विकास योजनायों की रूपरेखा तैयार कर दी है नदी के किनारे बसे सभी गांवों में गंगा आस्ती की शुरुआत करने के साथ ही जैविक खेती और वृद्वारोपण को बढ़ावा देने के भी प्रयास किए जा रहे हैं

इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विख्यात गजल गायक उस्ताद युगान्तर सिन्दूर को प्रतिष्ठित बेगम अख्तर पुरस्कार दो हजार अट्ठारह उन्नीस से सम्मानित किया इस अवसर पर राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल भी उपस्थित थी सम्मान के तहत कलाकार को पांच लाख रूपये की सम्मान राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है उस्ताद युगान्तर सिन्दूर ने पिछले चालीस वर्षो से संगीत के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दिया है प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री सुरेश पासी ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर कुछ राजनैतिक दल देश को गुमराह करके लोगो को आपस में लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं श्री पासी कल अमेठी में पुलिस लाइन में इकहत्तरवे गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित परेड की सलामी लेने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर प्रताड़ित लोगों को भारत की नागरिकता देने के लिए नागरिकता संशोधन कानून बनाया है